प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की आज नई दिल्ली में हुई बैठक में यह निर्णय लिया गया कृषि मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने संवाददाताओं को यह जानकारी दी उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को लेकर और कई बदलाव किए गए हैं

सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावडेकर ने बताया कि सरकार स्वच्छ भारत अभियान का दूसरा चरण शुरू करेगी

न्यायालय ने राज्य सरकार से इस संबंध में चार सप्ताह के भीतर जवाब मांगा है प्रधान न्यायाधीश एस ए बोबड़े की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि अवैध रेत खनन से पर्यावरण को अप्रणीय क्षति पहुंचेगी पीठ ने कहा कि इस संबंध में नियुक्त उच्चाधिकार प्राप्त सभिति को रेत कारोबारियों इसे लाने तेँ जाने का काम करने वाले और अन्य पक्षों को पेश आ रही समस्याओं पर विचार करने को कहा है

जैसलमेर जिले में किसानो ने केन्द्रीय दल को बताया कि प्रभावित गांवों में बीजों में हुए नुकसान के लिए भी किसानों को मुआवजा दिया जाए श्रीगंगानगर में टिड्डी प्रभावित गांवों में केन्द्रीय दल ने आश्वस्त किया कि किसानों को पर्याप्त मुआवजा दिया जाएगा

श्री गहलोत अपने वर्तमान कार्यकाल का दूसरा बजट पेश करेंगे

एक तारांकित प्रश्न का जवाब देते हुए श्रीमती भूपेश बताया कि विभाग को बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण इरडा द्वारा जारी नियमों के आधार पर बीमा करने के लिए कहा गया है

सरकार ने इस योजना पर अब तक साढे सात सौ करोड़ रुपए से अधिक की राशि खर्च की है इस योजना का उद्देश्य प्रत्येक दो वर्ष में किसानों को मृदा स्वास्थ्य कार्ड जारी करना है ताकि भिट्टी में पोषक तत्वों की कमी दूर करने के उपाय किये जा सकें

आकाशवाणी जयपुर और वनस्थली विद्यापीठ की ओर से आयोजित इस कार्यक्रम में छात्राओं ने मोरताल नृत्य बोरो नृत्य बीहू नृत्य और लोक गीत के अलावा असम की लोक कलाओं को जीवंत किया इस अवसर पर आकाशवाणी जयपुर के संगीत नाट्य अनुभाग द्वारा एक भारत की थीम पर तैयार किए गए विशेष म्यूजिक एलबम का भी विमोचन किया गया इधर जयपुर में आज केन्द्रीय पर्यटन मंत्रालय की ओर से इंस्टीट़यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट में असम फूड फेस्टिवल आयोजित किया जा रहा है इसमें असम के विभिन्न व्यंजनों को परोसा जाएगा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के क्षेत्रीय लोक संपर्क ब्यूरो जोधपुर द्वारा आज फलौदी में एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान पर जनजागरूकता रैली निकाली गयी बारां में कल से जिला उद्योग समागम शुरू होगा

जिला कलेक्टर ने बताया कि उद्योग समागम में जिले के उद्यमी और सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं से जड़े विभाग भी हिस्सा लेंगे वहीं बाड़मेर और करौली में जिला उद्यम समागम आज से शुरू हुए